कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री कुल्लू जिले के पलचान में सामाजिक दूरी के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा इस बीच जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में अधिकारियों के साथ बैठक कर अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन और जनसभा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाहौली परम्परा से स्वागत किया जाएगा मारकंडा ने अधिकारियों को जिले में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने के भी निर्देश दिए

स्कूलों में सामाजिक दूरी और सेनेटाईजेशन का पूरा प्रबंध किया गया है शिमला के पोर्टमोर स्कूल में छात्राओं ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में शांति के क्षेत्र में भारत स्कॉउट्स और गाईडस के योगदान को सराहा है शिमला में आज विडियो कांफ्रेस के माध्यम से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्काउटस और गाईडस द्वारा शांति दिवस पर कार्यकम का आयोजन किया जाता है उन्होंने कहा कि विश्व शांति का प्रसार व रक्षा करने में अधिक सकिया भुमिका निभाने की जरूरत है राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक कांति के मद्देनजर शांति दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है इस बीच शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली से भारत स्कॉउटस व गाईडस द्वारा आयोजित इस वेबिनार में भाग लिया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्काउटस और गाईडस ने समाज हित में सराहनीय भूमिका निभाई है श्यामा शर्मा पूर्व मंत्री और नाहन की पूर्व विधायक श्यामा शर्मा का आज सुबह निधन हो गया

लीवर इनफेक्शन की शिकायत के चलते श्यामा शर्मा को आज सुबह चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में ल जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया उनकी कोरोना टैस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है ऐसे में उनका आज शाम नाहन में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेताओं ने श्यामा शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर में सुनवाई की